टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी कल से शुरू हो रहा है

भारत बायोटेक ने कहा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया हैं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

इसी कडी में बीकानेर में जिला कलक्टर नमित मेहता ने कल रात पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्धता प्रेशर और ईलाज की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि ऑक्सीजन किसी भी स्तर पर व्यर्थ नहीं हो

उदयपुर में कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है एमबीजीएच के सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक में कोविड संक्रमितों के लिए दो नए वार्ड तैयार किए गए हैं

इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने विधायक मद से उदयपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दस लाख रूपये देने की घोषणा की है

बीमा प्राधिकरण ने इसकी घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की है उच्च न्यायालय ने कहा था कि बीमा कंपनियों को कैशलेस दावों की प्रक्रिया त्रंत निपटाने के लिए सूचित करें ताकि अस्पतालों में नये रोगियों के लिए बिस्तर जल्दी खाली हो सके

बीकानेर में कल शाम तेज हवाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में ब्रंदाबांदी हुई वहीं जालोर जिले में देर रात तेज बारिश हुई इस बीच जालोर आहोर और सायला में बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे